लोकसभा चुनाव नामांकन लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रदेश के तीन लोकसभा क्षेत्रों कांकेर राजनांदगांव और महासमुंद में नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन आज कुल चौव्वन नामांकन दाखिल किए गए कांकेर में कृल बारह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है

वहीं राजनांदगांव में कुल चौबीस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए जिनमें से चौदह उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरे हैं महासमुंद जिले में कुल अट्ठारह प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया जिनमें से नौ उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा भरा दूसरे चरण में अट्ठारह अप्रैल को देशभर में संतानवे लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा दूसरे चरण के लिए भरे गए सभी नामांकन पत्रों की जांच कल सत्ताईस मार्च को की जाएगी और उनतीस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं वहीं तेईस अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अट्ठाईस मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगी तीसरे और आखिरी चरण में प्रदेश के सात लोकसभा क्षेत्रों रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा इस चरण के लिए पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नामांकन पत्रों की वापसी आठ अप्रैल तक हो सकेगी इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई पहले चरण के लिए बस्तर लोकसभा सीट से कुल आठ नामांकन प्राप्त हुए थे जिनमें से एक नामांकन रद्द कर दिया गया है कांग्रेस उम्मीदवार कांग्रेस ने कल प्रदेश के दो लोकसभा सीटों कोरबा और दुर्ग के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है कोरबा से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत को टिकट दी गई है वहीं दुर्ग से पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर को प्रत्याशी बनाया गया है कोरबा लोकसभा सीट में पिछली बार चरणदास महंत को प्रत्याशी बनाया गया था जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस ने इस बार उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा है वहीं प्रतिमा चंद्राकर दो हजार चौदह में भी चुनाव लड़ चुकी हैं गौरतलब है कि कांग्रेस ने इसके पहले नौ लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी है स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इसके अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग अलग सूची बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्टार प्रचारक बनाया गया है इसके साथ ही राजनाथ सिंह नितिन गडकरी सुषमा स्वराज अरुण जेटली स्मृति ईरानी थावरचंद गहलोत शिवराज सिंह चौहान रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी स्टार प्रचारक होंगे वहीं फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और भोजप्री कलाकार मनोज तिवारी भी लोकसभा चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे इधर कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इस सूची में कांग्रेस ने चालीस बड़े नेताओं को शामिल किया है इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चुनाव प्रचार करेंगे

वहीं दो फिल्म स्टार तथा कांग्रेस नेता राजबब्बर और नगमा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू सहित अन्य कैबिनेट मंत्री भी स्टार प्रचारक होंगे निर्वाचन आयोग सामग्री जब्त निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी मात्रा में धनराशि अवैध शराब मादक पदार्थ सोना और मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्री जब्त की है इनकी कीमत लगभग पांच सौ चालीस करोड़ रुपये आंकी गई है आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि देशभर में अब तक एक सौ तिरालीस करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जब्त की गई है

इसी कड़ी में कल रायपुर के अभनपुर में मोर रायपुर वोट रायपुर के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली जाएगी साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा इस दौरान महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा उधर बालोद के गुण्डरदेही में रन फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें जिला कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक एमएल कोटवानी ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया इस अवसर पर अधिकारियों ने मतदाताओं से लोकसभा निर्वाचन में शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की राजनादगांव में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें लोगों को मशीनों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई वहीं शासकीय और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है वहीं दुर्ग में भी स्वीप अभियान के अंतर्गत युवाओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान जिले के चिंतागुफा और चिंतलनार के बीच करकनगुड़ा के जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी

सुरक्षा बलों ने सभी माओवादियों का शव बरामद कर लिया है साथ ही मौके से एक इंसास रायफल तीन सौ तीन बोर की दो बंदूक और अन्य हथियार जब्त किए गए हैं वहीं कोंडागांव जिले के मर्दापाल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त किया है सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से तीस नग देशी ग्रेनेड के साथ विस्फोटक सामग्री माओवादी साहित्य और भारी मात्रा में दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए हैं उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से तीन वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने उसूर और पामेड़ क्षेत्र से इन माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया इन पर हत्या पुलिस पार्टी पर हमला आगजनी और लूटपाट जैसे वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इसी जिले के बेदरे थाना क्षेत्र से पुलिस ने भरमार बंद्रक के साथ एक माओवादी को गिरफ्तार किया है यह माओवादी पिछले पंद्रह वर्षो से माओवादी संगठन में सक्रिय था स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सा अनुसंधान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम अधिसूचित कर दिए हैं इन नए नियमों से नई औषधियों और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी संबंधी नियामक व्यवस्था में बदलाव आएगा ये नियम सभी नई औषधियों मानव उपयोग के लिए नई दवाओं पर शोध नैदानिक परीक्षणों जैव संतुलन अध्ययन और नीतिगत समिति पर लागू होंगे व्यापारी हत्या राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के जवान ने आज एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी यह मामला रायपुर के पचपेड़ी नाका है जहां आरोपी आरक्षक ने पैसे के लेनदेन के मामले में पुरानी गाड़ियों का व्यवसाय करने वाले व्यापारी संजय अग्रवाल को गोली मार दी वारदात को अंजाम देने को बाद आरक्षक ने एसपी ऑफिस जाकर आत्मसमर्पण कर दिया

आरोपी आरक्षक पुलिस लाइन में नाई के पद पर पदस्थ है

हमले में दो महिला सहित तीन लोग घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है